प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि तथ्यों के समावेश से ही समाचार प्रामाणिक बनते हैं उन्होंने समाचार माध्यमों से जनता के समक्ष विवेकपूण और तार्किक ढंग से समाचार प्रस्तुत करने की अपील की कल रात चेन्नई में तमिल की राजनीतिक और व्यंग्य पत्रिका तुगलक के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को दिल्ली से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने में मीडिया ने बडो भूमिका निभाई है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है

उन्होंने कहा कि प्रश्न उठाते समय भी सकारात्मक रहने से लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी

नई दिल्ली में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान के दसवें स्थापना दिवस के अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अंगों की जरूरत होती है लेकिन इनकी आवश्यकता और उपलब्धता के बीच भारी अंतर है उन्होंने कहा कि लीवर प्रत्यारोपण को स्विधा और अधिक सरकारी अस्पतालों में शुरू की जानी चाहिए सरकार आयुष्मान भारत तथा अन्य चिकित्सा योजनाओं के जरिए इससे निपटने के प्रति संकल्पबद्ध है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सातवें दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कल से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है इस सम्मेलन में संसद और राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी महासचिव प्रमुख सचिव सचिव और विदेशों के प्रतिनिधिगण भाग ले रहे हैं इस सम्मेलन का मुख्य विषय जन प्रतिनिधियों की भूमिका निर्धारित किया गया है

मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टण्डन उदघाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि हों गे दो दिवसीय सम्मेलन में पूर्ण सत्रा के दौरान चर्चा के लिये जो विषय रखे गये हैं वह है बजट प्रस्तावों की संवोक्षा के लिये जनप्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाना और जनप्रतिनिधियों का ध्यान विधायी कार्यो की ओर बढ़ाना

श्री मोदी इस कार्यक्रम में प्रश्नों का जवाब देंगे और छात्रों से परीक्षा में तनाव से बचने के विषय पर बातचीत करेंगे

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि केन्द्र सरकार विशेष जांच दल की सिफारिशों पर उपय्क्त कदम उठाएगी प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने आज लखनऊ और नोएडा में पहले प्रलिस आयुक्त के पदभार संभाले सुजीत पांडे ने लखनऊ में और आलोक सिंह ने नोएडा में पुलिस आयुक्त का कार्य संभाल लिया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

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा

मकर संक्राति का पर्व खिचड़ी आज प्रदेश में परम्परागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है लाखों की संख्या में श्रद्वालु आज ब्रम्हमुहूर्त से ही प्रदेश की विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं प्रदेश के कई भागों में कल भी मकर संक्राति का पर्व मनाया गया प्रयागराज में एक महीने तक चलने वाले माघ मेले का आज पहला प्रमुख स्नान है वहां लाखों श्रद्धालु आज गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में परम्परानुसार बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई नाथ पीठ के प्रसिद्ध मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परम्परा वर्षो पुरानी है हजारों की संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने पहुंच रहे है बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का यह सिलसिला हफ्तों जारी रहेगा मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने को लोग शुभ मानते हैं परम्परानुसार बाबा गोरक्षनाथ को आज पहली खिचड़ी गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाई इसके बाद नेपाल के राजपरिवार की तरफ से आई खिचड़ी चढ़ाई गई आज से गोरखनाथ मंदिर परिसर में महीने भर तक चलने वाले मेले की भी शुरूआत हो गई पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा सीमावर्ती बिहार और नेपाल के विभिन्न इलाकों तक के श्रद्धालु यहां बाबा गोरक्षनाथ का दर्शन कर उन्हें खिचड़ी अर्पित करने आ रहे हैं आज सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग मंदिर परिसर में कतारबद्ध होकर खिचड़ी चढ़ाने के लिये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिये मंदिर प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किये हैं प्रदेश के वाराणसी पीलीभीत कुशीनगर औरैया मऊ अयोध्या अमरोहा कन्नौज लखीमपुर खीरी मुजफफरनगर बलरामपुर और हमीरपुर से भी मकर संकाति का त्यौहार श्रद्वा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाने के समाचार मिले है

सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है दिल्ली छावनी में सेना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने में सेना संकोच नहीं करेगी उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बिल्कूल बदाश्त नहीं किया जायेगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रापति और प्रधानमंत्री ने सेना दिवस पर भारतीय सेना के वीर जवानों अवकाश प्राप्त सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है एक ट्वीट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारतोय सेना राष्ट्र का गौरव और स्वतंत्रता की रक्षक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय सेना भारत माता का गौरव है सेना अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है और वह अपनो मानवीय भावना के लिए भी सम्मान की पात्र है रक्षामत्री राजनाथ सिंह ने सेना दिवस पर एक ट्वीट संदेश में भारत को एक सुरक्षित स्थान बनाने में सैनिकों की बहादुरी बलिदान और अदम्य साहस को गर्व के साथ याद किया मेरठ पुलिस ने शहर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले का मुख्य आरोपी अनीस खलीफा को गिरफ्तार किया है

पुलिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ उसके संबंधों की भी जांच कर रही है